इस मौके पर प्रदेशभर में शपथ समारोहों का आयोजन किया गया राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन शिमला में अधिकारियों को संविधान की शपथ दिलाई जबकि शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बचत भवन शिमला में आयोजित समारोह में कर्मचारियों और अधिकारियों को संविधान की शपथ दिलाई ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने उपायुक्त कार्यालय नाहन में अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान में दिए गए अधिकारों व कर्तव्यों की शपथ दिलाई प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा कि भारत का संविधान वह ताकत है जो इस देश को अखंड रखने के साथ साथ नए भारत के निर्माण की बुनियाद भी तैयार करता है

परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच स्वस्थ परंपराओं को पोषित और विकसित किए जाने की ज़रूरत है ताकि समतावादी समाज की स्थापना से तीनों अंगों में बेहतर समन्वय बना रहे परमार आज गुजरात के केवड़िया में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने इस मौके पर केन्द्र सरकार से आग्रह किया कि धर्मशाला के तपोवन में स्थित विधानसभा भवन में राष्ट्रीय ई विधान अकादमी की स्थापना की जाए ऐसा करने से यहां सांसदों और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों और अधिकारियों को ई विधान प्रणाली का आसानी से प्रशिक्षण दिया जा सकेगा महेन्द्र सिंह जलशक्ति महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकाघाट के बरच्छवाड़ में प्री कोचिंग सैनिक अकादमी का निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ होगा

महेन्द्र सिंह ठाकुर आज संधोल में सीएसडी कैन्टीन और सैनिक विश्राम गृह निर्माण को चयनित भूमि के निरीक्षण के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्री कोचिंग सैनिक अकादमी स्थापित होने से प्रदेश के बच्चों को कोचिंग के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा

सैजल स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि केन्द्र और प्रदेश सरकार कोरोना महामारी के संकट में भी सभी की सुरक्षा को सुनिश्चित कर संतुलित विकास पर जोर दे रही है इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं का समयबद्द कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाया जा रहा है स्वास्थ्य मंत्री आज कसौली विधानसभा क्षेत्र की बड़ोग पंचायत में निर्मित आंगनबाड़ी केन्द्र के लोकार्पण के मौके पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे सरवीण चौघरी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि दिव्यांगजन समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है और सरकार इनके सशक्तिकरण की दिशा में लगातार प्रयासरत्त है सरवीण चौधरी आज दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रही थीं

मौसम प्रदेश में आज पांचवें दिन भी वर्षा व बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा जिससे पूरा प्रदेश जोरदार ठंड की चपेट में है

राजधानी शिमला की जाखू पहाड़ी पर बीती रात इस मौसम का पहला हिमपात हुआ

उधर कुल्लू ज़िला के ऊंचे क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त है जबकि भारी बर्फबारी के कारण लाहौल घाटी का सड़क संपर्क आज भी शेष विश्व से कटा रहा बर्फबारी के कारण किन्नौर ज़िला में सेब सीज़न प्रभावित हुआ है शिमला सहित राज्य के निचले इलाकों में आज दिनभर घने बादल छाए रहे तथा रूक रूक कर वर्षा होती रही इस बीच मौसम विभाग ने कल से राज्य में मौसम के साफ हो जाने की संभावना जताई है